इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का थीम है नई दुनिया नया रेडियो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर रेडियों के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं एक टवीट में उन्होंने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी है उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि रेडियो का प्रसार निरंतर बढ़ रहा है और मौजूदा डिजिटल युग में रेडियो का प्रसारण सुनना सभी के लिए आसान हुआ है इस बीच केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा कल लोकसभा में जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने समी क्षेत्रों को प्रभावित किया है आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है उन्होंने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा

भूकंप से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है भूकंप के झटकों से हिला हिमाचल प्रदेश लोग दहशत के चलते घरों से बाहर भागे

पंजाब केसरी के शब्द हैं पंजाब हिमाचल सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकम्प के तेज झटके